न्यायालय ने कहा कि केन्द्र सरकार का पक्ष सुने बिना कानून पर रोक नहीं लगा सकते गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय आज नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के तहत पंच और सरपंचों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है मतदान केन्द्रों पर लम्बी कतारे देखी जा रही है लोगों में मतदान के लिए विशेष उत्साह बना हुआ है सुबह आठ बजे से शुरू हुआ मतदान शाम पांच बजे तक चलेगा

संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान कोन्द्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किये गये हैं

उपसरपंच का चुनाव कल कराया जायेगा केन्द्र सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण के लिए शुरू की गई बेटी बचाओं बेटी पढाओं योजना के आज पांच वर्ष पूरे हो गए है

उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

कोटा के जेकेलोन अस्पताल में पिछले दिनों कई बच्चों की मृत्यु के बाद अब अस्पताल में सुधार के लिए तेजी से प्रयास किये जा रहे है हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि इन्ही प्रयार्सो के तहत अस्पताल में सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरूवार को प्रसुताओं और उनकी परिजन महिलाओं की काउंसलिंग की जायेगी अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ गोपी किशन ने बताया कि विभिन्न बीमारियों के ईलाज के अलावा बीमारियों से किस तरह बचा जाये इसके लिए भी अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है कार्यक्रम के तहत सर्दियों में नवजात बच्चों के बचाव के उपाय पोषण की जानकारी और टीकाकरण के बारे विशेषज्ञ प्रसुताओं और उनके परिजनों को जानकारी देंगे सीकर के फतेहपुर में इसी सप्ताह में आज दूसरा बडा सड़क हादसा हुआ इसमें खूडी गांव के पास आज दो ट्रको की आमने सामने की टक्कर में चार लोगों की मृत्यु हो गई

हादसे के कारण हाईवे पर लम्बा जाम लग गया जिसे बाद में पूलिस ने खूलवा दिया मृतकों के शवों को राजकीय अस्पताल में रखवाया गया है गौरतलब है कि सोमवार को भी फतेहपुर सालासर मार्ग पर कोहरे के कारण हुए सड़क हादसे में सात लोगों की मृत्यु हो गई थी वन विभाग राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में स्मृति वन विकसित करेगा इसके लिए विभाग ने उपयुक्त भूमि की तलाश शुरू कर दी है

इन वनों में लोग अपने दिवंगत पुर्वजों की स्मृति में पौधे भी लगा सकेंगे

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस साल सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को अंग्रेजी विषय की परीक्षा से छूट दे दी है बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि यदि इस श्रेणी का कोई परीक्षार्थी अंग्रेजी में छट नहीं चाहता है और परीक्षा देना चाहता तो वह दस दिन में शाला प्रधान के माध्यम से अपना आवेदन बोर्ड कार्यालय में भेज दें गौरतलब है कि इस श्रेणी में वे परीक्षार्थी शामिल है जो सुनने बोलने और समझने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते है